राज्यपाल आज अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के नवें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कियुवा पीढ़ी को संविधान की जानकारी देने के लिए विश्वविद्यालयों को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए ताकि उन्हें अपने अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों का भी ज्ञान हो सके राज्यपाल ने इस मौके पर उपस्थित विद्यार्थियों और अन्य लोगों को संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन करते हुए इसकी पालना की शपथ दिलाई दीक्षांत समारोह के मुख्य वक्ता मैग्सेर्स पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह ने कहा कि हमें प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि उसका पोषण करना होगा समारोह को उच्च शिक्षा मंत्री भंवरसिंह भाटी ने भी संबोधित किया

रेजीडेंट डॉक्टरों के प्रतिनिधियों के साथ आज सुबह चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा ने वार्ता की जो बेनतीजा रही इसके बाद मेडिकल चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया के साथ भी रेजीडेंट डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने बातचीत की लेकिन काम पर लौटने को लेकर कोई बात नहीं बन पायी समाचार लिखे जाने तक रेजीडेंट डॉक्टरों के काम पर लौटने को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है लेकिन उम्मीद है कि आज देर शाम सरकार के साथ रेजीडेंट डॉक्टरों की एक बार फिर बातचीत हो सकती है

इस दौरान कोर्ट के बाहर अधिवक्ताओं ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया

कोर्ट में इस दौरान भारी पुलिस जाप्ता मौजूद रहा

उन्होंने सभी सम्बद्ध पक्षों से समाज के इस संवेदनशील वर्ग को सशक्त बनाने में योगदान करने को कहा श्री नायडू आज नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाले संगठनों और उल्लेखनीय योगदान करने वाले दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर रहे थे

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार ने पिछले साढे पांच वर्षो में दिव्यांगों के सशक्तीकरण के लिए कई उपाय किये हैं

अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस पर प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम हुए

सवाईमाधोपुर के रणथम्मौर अभ्यारण्य में टेरेटरी संघर्ष के बाद तीन बाघों के पलायन कर ब्रंदी जिले की इंद्रगढ रेंज में पहुंचने की जानकारी मिली है